सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिये गये हैं भाजपा ने तीन दिनों के सभी कार्य स्थगित किये

उनके आकस्मिक निधन की खबर से पूरे प्रदेश में शोक है फेफड़े की बीमारी के इलाज के दौरान अमेरिका में उनका देहांत हो गया

उनके निधन पर प्रदेश में आज से तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया है आज प्रदेश में एक दिन का राजकीय अवकाश किया गया भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी कार्यक्रम तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत के निधन पर शोक जताया है प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत के निधन से दुखी हूं उनके संगठनात्मक कौशल ने बीजेपी को मजबूत करने और प्रशासनिक कुशलता ने उत्तराखंड के विकास में अहम योगदान दिया मेरी संवेदना उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रकाश पंत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया उन्होंने आज अपनी सभी मुलाकातें और बैठकें रद्द कर दी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि प्रकाश पंत के रूप में उन्होंने अपना छोटा भाई खो दिया है

प्रकाश पंत केवल एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे शांत सौम्य और सरल स्वभाव के श्री पंत ने अपने लम्बे राजनैतिक जीवन में प्रदेश के गठन और बाद में प्रदेश को एक नई दिशा देने में बड़ी भूमिका निभायी साल दो हजार सत्रह में राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर श्री पंत को उत्तराखंड सरकार में संसदीय कार्य और वित्त मंत्रालय के अलावा कई महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार सौंपा गया था साल दो हजार में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने के बाद श्री पंत उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने फार्मासिस्ट के रूप में की थी

उनके संसदीय ज्ञान और विधायी कौशल का सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी मुरीद था नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृद्येश ने कहा कि श्री पंत के रहते सदन में कोई तकलीफ नहीं होती थी

प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा

उनको अंतिम विदाई देने के लिए मुख्यमंत्री सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे वहीं आज प्रकाश पंत के निधन पर उत्तराखंड विधानसभा में श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया बड़ी संख्या में विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों ने स्वर्गीय प्रकाश पंत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्वांजलि दी इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा है कि श्री पंत का निधन प्रदेश के लिए अप्रणीय क्षति है उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष होने का गौरव उन्हें प्राप्त था उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा की आधारशिला रखी और विधानसभा में श्री पंत ने संसदीय कार्य में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए

उन्होंने कहा कि पिरूल नीति पर्यावरण के साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा

इस तरह पिरूल और अन्य बायोमास से बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है उसका शुभारंभ होने जा रहा है उन्होंने कहा कि इससे राज्य को एनर्जी इंधन मिलेगा साथ ही वनाग्नि को रोकने में मदद मिलेगी जंगलों में हरियाली होगी और जैव विविधता की सुरक्षा होगी पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए उरेडा और वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है राज्य में विक्रिटिंग और बायो ऑयल संयंत्र स्थापित किए जाने हैं इन संयंत्रों के स्थापित होने से पिरूल को प्रोसेस किया जाएगा और बिजली उत्पादन किया जा सकेगा

इसके लिए इंडोनेशिया से तकनीकि की जानकारी प्राप्त की जाएगी इसका एक प्रोजेक्ट बैजनाथ में लगाया गया है इससे भी वनाग्नि को रोकने में मदद मिलने के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकना हमारी सबसे बड़ी चिन्ता है इसके लिये ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें स्लग मौसम मौसम विभाग की माने तो राजधानी देहरादून के वासियों को गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ दिनों का और इंतजार करना होगा

राजधानी देहरादून समेत अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाये रहे